राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि भारत का बहलतावाद देश की सबसे बडी ताकत कहा विश्व के लिये भारत एक उदाहरण उच्चतम न्यायालय ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण देने के केन्द्र के फैसले की समीक्षा करने का लिया निर्णय प्रदेशभर में वर्षा और ओलावृष्टि के बाद कड़ाके की ठण्ड जारी

जहां राजधानी दिल्ली में समारोहपूर्वक गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है वहीं राज्यस्तरीय मुख्य समारोह जयपुर में आयोजित किया गया है राज्यपाल कल्याण सिंह राष्ट्रीय ध्वज फहराकर मार्चपास्ट की सलामी लेंगे गणतन्त्र दिवस के अवसर पर राजस्थान पुलिस विभाग में उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाएं प्रदान करने वाले एक हैड कांस्टेबल को राष्ट्रपति पुलिस पदक और सोलह पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को पुलिस पदक प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक मुख्यालय धर्म चन्द जैन ने बताया कि सेवा के दौरान उत्कृष्ट और सराहनीय सेवाए प्रदान करने के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से प्रथम बटालियन आरएसी जोधपुर में हैड कांस्टेबल दलपत सिंह राजपूत को सम्मानित किया जायेगा विभिन्न जिलों में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है जोधपुर में कड़ी सुरक्षा के बीच उम्मेद स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किया गया है जबकि भरतपुर में पर्यटन और देवस्थान मंत्री विश्वेन्द्र सिंह झंडा रोहण करेंगे गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल कल्याण सिंह ने प्रदेशवासियों और सीमा पर तैनात जवानों को बधाई और श्भकामनाएं दी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी गणतंत्र दिवस की शुभ कामनाएं देते हुए कहा है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह इस महान लोकतंत्र को और समृद्ध बनाने के साथ साथ संवैधानिक मूल्यों की रक्षा के लिये समर्पित रहे

नानाजी देशमुख और भूपेन हजारिका को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जायेगा

उन्होंने कहा कि भारतीय मॉडल विविधता लोकतंत्र और विकास पर आधारित है और देश किसी एक को दूसरे से अधिक महत्व नहीं दे सकता है

यह साझा और समतावादी समाज के लक्ष्य और आशा के लिए प्रतिबद्धता प्रकट करता है

उन्होंने कहा कि चुनाव भारतीय जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने और विकसित देश के निर्माण की ओर बढ़ने के मार्ग की ताकत है राष्ट्रपति ने कहा कि भारत पहली बार घोर गरीबी को समाप्त करने की दहलीज पर है किफायती औषधि और चिकित्सा उपकरण अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच रहे हैं राष्ट्रपति ने कहा कि युवा महिलाएं शिक्षा सूजनात्मक कला खेल और सशस्त्र बल जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है केन्द्र को चार सप्ताह के अंदर उच्चतम न्यायालय में जवाब दाखिल करना है

यह मन की बात कार्यक्रम की इस साल की पहली कड़ी है

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् आईसीएआर और बिल एंड मेलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने भारतीय फसल प्रजनन के आधुनिकीकरण के लिए नई दिल्ली में एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये इसके तहत फसलों की विभिन्न किस्मों की आनुवांशिकता का अध्ययन कर उनके आँकडों को डिजिटल रूप में संग्रहित किया जायेगा

श्री डोटासरा ने कल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि डाईटस का अलग काडर बनाये जाने पर भी विचार किया जाएगा उन्होंने शिक्षक प्रशिक्षण को व्यावहारिक किये जाने और शिक्षकों को उनके जिलों में ही प्रशिक्षण दिए जाने की भी हिदायत दी है

इस बारे में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कल यह जानकारी दी गई

में हुं प्राथमिक सदस्यता से छह वर्ष के लिये निष्कासित कर दिया है गौरतलब है कि जयपुर के महापौर के चुनाव में भाजपा के बागी विष्णु लाटा पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को हराकर महापौर चुने गये हैं

इस फेस्टिवल में बड़ी संख्या में युवाओं सहित विभिन्न वर्गो के लोग हिस्सा ले रहे है

मौसम में आये बदलाव के कारण राजधानी जयपुर सहित कई स्थानों पर कड़ाके की सर्दी पड़ रही है